प्रदेश में भी गांधी जयंती समारोह पूर्वक मनायी गयी

राज्य सरकार ने कहा हथियार तस्करों की सम्पत्ति की जायेंगी जब्त

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की इस अवसर पर राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया अगले वर्ष महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले समारोहों का शुभारंभ भी आज हुआ इधर संयुक्त राष्ट्र गांधी जयंती को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मना रहा है पूरे प्रदेश में गांधी जयंती आज समारोह पूर्वक मनायी गयी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ विश्व के लिए चार मंत्र दिये हैं श्री मोदी नई दिल्ली में चार दिन के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे बाईट विश्व को स्वच्छ बनाने के लिए फोर पी आवश्यक है और ये चार पी का हमारा मंत्र है पोलिटिकल लीडरशिप पब्लिक फंडिंग पार्टनरशिप पीपुल्स पार्टिसिपेशन दिल्ली डेक्लरेशन के माध्यम से आप लोगों ने सर्वव्यापी स्वच्छता में इन चार महत्वपूर्ण मंत्रों को मान्यता दी है इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से लोगों के व्यवहार में बदलाव आया है

किस तरह से भारत के गांवों में बीमारियां कम हुई है ईलाज पर होने वाला खर्च कम हुआ है और जब ऐसी खबर मिलती है तो कितना संतोष मिलता है करोड़ो भारतवासियों ने इस आंदोलन को आशा और परिवर्तन का प्रतीक बना दिया स्वच्छ भारत अभियान आज दुनिया का सबसे बड़ा डोमिनोज इफैक्ट सिद्ध हो रहा है

पांच लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं

इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी बाईट खुले में शौच को समाप्त करने को सर्वाधिक प्राथमिकता देने के लिए मैं भारत की प्रशंसा करता हूं

इस अवसर पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जन आंदोलन बन गया है बाईट स्वच्छता गांधी जी के लिए कोई कार्यक्रम नहीं था वो उनकी आदत थी और उन्हीं का अनुकरण करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत के लिए कार्यक्रम चलाया तो उसका नाम स्वच्छ भारत कार्यक्रम नहीं रखा स्वच्छ भारत मिशन रखा क्योंकि वो हर भारतीय को स्वच्छता की आदत डलवाना चाहते हैं इसलिये ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं बना ये जन आंदोलन बना है गांधी जयंती पर राजधानी पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया केन्द्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने पटना में अनुसूचित जाति बस्ती में जाकर नालियों और सड़क की सफाई की महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन को की ध्रन पर उनकी कर्मभूमि चंपारण में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया पश्चिम चंपारण जिले में भितिहरवा आश्रम बेतिया के नगर गौशाला हरि वाटिका शहीद पार्क और हजारीमल धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर राष्ट्रपिता को याद किया गया पूर्वी चंपारण जिले में मोतिहारी और आस पास के क्षेत्रों में गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मोतिहारी के गोपाल साह प्लस दू विद्यालय में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर पर कृषि पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर बापू को याद किया गया मूख्यमंत्री ने पटना से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये मूजफ्फरपूर के एलएस कॉलेज परिसर में जीर्णोद्वार किये गये गांधी कूप का उद्घाटन किया इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान रक्त दान शिविर और स्वच्छता शपथ ग्रहण का भी आयोजन किया गया

पटना स्थित इनर्जी इंटरनेशनल कार्यालय में विजय नारायण झा की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर राष्ट्रपिता को याद किया गया कृतज्ञ राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्वा सुमन अर्पित किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली में शास्त्री जी की समाधि विजय घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी पटना के शास्त्री नगर पार्क में आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोगों ने माल्यार्पण कर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले साल गांधी जयंती से पहले पूरे राज्य को खुले से शौच मुक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं पटना में गांधी जयंती पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये श्री कुमार ने कहा कि गांधी जी के विचारों और आदर्शों से प्रेरणा लेकर सरकार काम कर रही है उन्होंने कहा कि समाज सुधार से स्वच्छता तक के लिए सरकार प्रतिबद्ध है श्री कुमार ने कहा कि राज्य में शराबबंदी लागू होने से सामाजिक सद्भाव बढ़ा है उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर कोई समझौता नहीं किया जायेगा मुख्यमंत्री ने पटना के गर्दनीबाग में छह मंजिला बापू टावर के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के आठ जगहों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया समारोह में बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर चलाये जा रहे अभियान के तहत बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया इधर गांधी जयंती के अवसर पर राज्य सरकार ने जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पैंतालीस कैदियों को रिहा कर दिया है गांधी जयंती पर शिवहर जिले को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये इसकी घोषणा की सीतामढी जिले में डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कामन सर्विस सेंटर जहां युवाओं के लिए स्वरोजगार के बड़े माध्यम बन रहे हैं

इससे अतिरिक्त खर्च में भी बचत हो रही है आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढी से राजेश कुमार मुंगेर जिले के बरदह गांव से आज भी एके सैंतालीस राइफल के कई मैगजीन और कल पूर्जे बरामद किये गये हैं पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर लगातार छापेमारी की जा रही है उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या ये राइफल नक्सलियों और आतंकियों को भी उपलब्ध कराये गये थे इधर पुलिस मुख्यालय के अपर महानिदेशक एसके सिंघल ने बताया कि सभी राइफल तस्करों की सम्पत्ति जब्त की जायेगी राँची पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक युवक को बिहार पुलिस के एस्कॉर्ट पार्टी द्वारा चलती ट्रेन से फेंके जाने का मामला प्रकाश में आया है मृतक गया जिले के इमलियाचक का रहने वाला था यह घटना अठाईस सितम्बर की रात की है घटना से जुड़े वायरल हो रहे एक वीडियो में यात्री आरोप लगा रहे हैं कि पैसा वसूलने के विवाद में पूलिस ने युवक को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया

प्रदेश में भी गांधी जयंती समारोह पूर्वक मनायी गयी